योजना के तहत देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को वृद्वावस्था पेंशन देने का प्रावधान है केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र तोमर ने बताया कि पंजीकरण आरम्भ होने के पहले घंटे के दौरान ही विभिन्न राज्यों में लगभग चार सौ अट्ढारह किसानों ने सामान्य सेवा केन्द्रों पर नाम क त करा लिये थे इस प्रक्रिया में और तेजी आने की उम्मीद है प्रधानमंत्री जल्द ही इस योजना का औपचारिक रूप से उद्घाटन पंजी करेंगे किसानों का कल्याण नरेन्द्र मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है आकाशवाणी से पिछले वर्ष मन की बात कार्यक्रम की बयालिसवीं कड़ी में विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना सुनिश्चित करने के क षिण सुधार में काफी काम किया गया है लिए देशभर में किसानों को फसल की उचित कीमत मिले इसके लिए देश में एग्रीकल्वर मार्केटिंग रिफ ॉर्म पर भी बहुत व्यापक स्तर पर काम हो रहा है गांव की स्थानीय मंडियां होलसेल मार्केट और फिर ग्लोबल मार्केट से जुड़े इसका प्रयास हो रहा है

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा सेवाओं के एकल प्रूरष कर्मियों को भी बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश सीसीएल का लाम मिलेगा और रक्षा सेना में कार्यरत महिला अधिकारियों को इसमें कुछ और छूट दी गई हैं रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार कार्मिक और प्रशिक्षण विमाग असैनिक अधिकारियों को यह सुविधा देने के हाल के आदेश के अनुरूप की गई है अभी सीसीएल रक्षा सेनाओं की महिला अधिकारियों को ही मिलती है आज विश्व जैव ईंधन दिवस है यह दिन पारम्परिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के तौर पर गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पैट्रोलियम और प्राकृ त क गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि एथनॉल ट् जी एथनॉ ल कम्प्रैस्ड बायोगैस और बायो डीजल जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत विकसित करने के लिए जैव ईंधन की पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया जायेगा इससे जैव ईंघन आयात पर निर्मरता कम करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द भ्टिकोण को हासिल करने में मदद मिलेगी और देश के लिए सतत ऊर्जा सुनिश्चित हो सकेगी इस वर्ष जैव ईंधन दिवस का विषय है इस्तेमाल किये गये खाद्य तेल से जैव ईंधन का उत्पादन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल घोषित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं को बधाई दी है आज अखिल भारतीय चित्रपट महामंडल के पुणे कार्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सिनेमा मानव मस्तिष्क को प्रभावित करने का सबसे सशक्त माध्यम है प्रकाश जावड़ेकर ने फिल्म उद्योग से अपील की कि वह इसमें लगे असंगठित मजदूरों तक प्रधानमंत्री पेंशन योजना और आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंचाने के लिए पहल करें भारत छोड़ो आंदोलन की सत्तहत्तरवीं सालगिरह पर कल प्रदेश सरकार ने पौधरोपण कार्यक्रम के तहत गिनीज बुक अॉफ वर्ल्ड रिक ॉर्ड्स में नाम दर्ज करा लिया है एक रिपोर्ट राज्य ने कल वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत चार रिक ॉर्ड अपने नाम किए प्रयागराज जिले में मुफ्त पौधे बांटने का रिक ॉर्ड बना और गिनीज बुक की तरफ से इसे विश्व में सबसे ज्यादा पौधे बांटे जाने के रिक ॉर्ड के तौर पर दर्ज किया गया

इतना ही नहीं कासगंज में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में एक लाख ग्यारह हजार पौधे एक ही स्थान पर लगाए जाने का रिक ॉर्ड भी बनाया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सरोजनी नगर के जैतीखेड़ा में बरगद का पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की थी सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

इससे पहले दोनों नेताओं ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था भारत सहित दुनियामर के लगभग बीस लाख हज यात्री आज सउदी अरब में हज कर रहे हैं हज की सबसे अहम रस्म के लिए ये सभी श्रद्वालु अराफात के मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं हज यात्रियों ने कल की रात मिना में बिताई जहां शाम को मुजदालिफा के लिए रवाना होने से पहले ये लोग दोपहर और शाम की नमाज पढ़ेंगे